विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान प्रष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिये प्रचार तेज हो गया है राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन सिर्फ चुनाव तक ही कायम है सपा बसपा के महागठबंधन पर टिप्पणी करते हुए श्री योगी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का गठबंधन है उन्होने कहा कि गरीबों और किसानों क हित हमारी सरकार की प्राथमिकता में है

जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मैदान में जौनपुर और मछलीशहर से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रस की सरकारों में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी को बगैर किसी तैयारी के लागू किया गया इससे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और लोग बेरोजगार हो गये सुश्री मायावती ने कहा कि रोजगार के लिये युवाओं का प्रदेश से पलायन बढ़ा है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों का विकास किया है

उन्होंने कहा कि सपा बसपा और रालोद का गठबंधन देश में महापरिवर्तन लायेगा केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के लिये प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की जिले के मोतीगरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेनका गांधी एक जुझारू और समर्पित नता है उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोगों के भविष्य को सुधारने का काम करेगा उन्होंने लोगों से महागठबंधन से सर्तक रहने की अपील की उधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ड्रमरियागंज में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांच चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद अब छठें चरण के मतदान के लिये बारइ मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में पूर्वांचल की चौदह सीटों के लिये मतदान होना है इसमें से दो सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिये आरक्षित है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

दान धर्म के पर्व अक्षय तृतीया के साथ आज भगवान परशुराम की जयन्ती भी धूमधाम से मनाई जा रही है इस अवसर पर वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने उनके चरण दर्शन किये अक्षय तृतीया पर सोने चांदी एवं अन्य धात्ओं की खरीददारी करना श्भ माना जाता है इस अवसर पर सर्राफा बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है हिन्दू कैलेंडर के अनुसार बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परशुराम जयन्ती पर लोगों को बधाई दी हैं आज भगवान बासवेश्वर की भी जयंती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्मरण करते हुए कहा कि महान विचारक और समाज सुधारक भगवान बासवेश्वर ने अपना जीवन समाज को अधिक समावेशी बनाने में लगाया

कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं और शाम को नमाज के बाद रोजे को पानी और खजूर खाकर खोला जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को मुबारकबाद दी है श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पावन महीना समाज में सद्भाव प्रसन्नता और भाइचारे को बढावा देगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पवित्र माह रमजान में दान धर्म और त्याग की बड़ी अहमियत है प्रदेश के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है

निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के दो और मामलों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है ये मामले तेइस अप्रैल को अहमदाबाद के रोड शो और नौ अप्रैल को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़े हैं नरेन्द्र मोदी ने कथित रूप से नए मतदाताओं से कहा था कि वे अपना वोट बालाकोट हवाई हमलों के नायकों को समर्पित करें इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी सभी शिकायतों पर छह मई तक फैसला करने को कहा था भारतीय जनता पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के बारे में कथित रूप से बात करने वाले वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पाटी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से क्षमा मांगने की मांग की है नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचोत में भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने इस मामले में विपक्ष के मौन रहने पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्य पूर्ण बताया भारत और बंगलादेश संयुक्त रूप से बंग बंध् शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित फिल्म बनाएंगे इसका निर्देशन जाने माने भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल करेंगे इस संबंध में बगलादेश के शिष्टमण्डल के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में एक बैठक हुई अमित खरे ने कहा कि दोनों देशो के प्रधानमंत्रियों के बीच संयुक्त रूप से फिल्मे बनाने पर सहमति हुइ और इससे आकाशवाणो और दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे आज विश्व दमा दिवस है

समाप्त